इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में नाम अर्जित करने वाले पुराने विद्यार्थियों के नाम स्कूल के सूचना पट पर अंकित किए जाएंगे ताकि विद्यार्थी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन में उत्कृष्टता हासिल कर सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है और हिमाचल साक्षरता दर में देशभर में दूसरे स्थान पर है

मुख्यमंत्री ने बगस्याड़ स्कूल भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बगस्याड़ थुनाग सड़क के सुधार व स्तरोन्यन कार्य का भूमि पूजन और शारण पंचायत में सुनस उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी इस मौके अपने विचार व्यक्त किए कार्यशाला क्रूक्षेत्र स्थित गुरूकल में दो दिवसीय जीरो बजट प्राकृतिक कृषि कार्यशाला आज शुरू हई जिसमें हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत सहित हरियाणा पंजाब मध्य प्रदेश राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति व कृषि वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं वैज्ञानिकों ने गुरूकुल का दौरा कर ये माना कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती मौजूदा समय की जरूरत है उन्होंने कहा कि रासायनिक व जैविक खेती ने किसानों को न केवल बर्बाद किया बल्कि पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंचाई है जिसकी भरपाई सिर्फ जीरो बजट प्राकृतिक खेती से ही हो सकती है गुरूकुल फार्म में खड़ी फसलों की गुणवत्ता व पैदावार को देखकर सभी कृषि वैज्ञानिक बेहद प्रभावित हुए इस दौरान आर्चाय देवव्रत और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम ने अन्य वैज्ञानिकों में जीरो बजट को लेकर शंकाओं का निवारण किया बाद में पदमश्री सुभाष पालेकर ने सभी कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित किया अनुराग लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं एक बयान में उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में बरती जाने वाली पारदर्शिता और नियमितता से पिछड़ों व गरीबों को उनका हक मिल रहा है अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पूरी सत्यनिष्ठा व साफ नीयत से भविष्योन्मुखी व अनुकूल फैसले लिए हैं जिनसे एक नए भारत की नीव रखी जा रही है रोहतांग भारी बारिश और बर्फबारी के चलते करीब दो सप्ताह से बंद चल रहे रोहतांग दर्रे को सीमा सड़क संगठन ने कड़ी मशक्कत के बाद आज से सैलानियों के लिये खोल दिया है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि दर्रा खुलते ही देश विदेश के सैलानी एक बार फिर रोहतांग दर्रे पर पहंचकर बर्फ का लुत्फ उठा सकेंगे मनाली के एसडीएम रमण घरसंगी के अनुसार रोहतांग जाने के लिये पर्यटकों को ग्रीन परमिट दिया जाएगा

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने जमीन हस्तांतरण संबंधी पत्र पीजीआई से आई टीम को सौंपा इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मौजूद रहे

इसके स्थापित होने से लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा नुकसान जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी से सेब बागीचों को काफी नुकसान हुआ है